सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें चार दिन का टीका उत्सव आज से देशभर में शुरू हो गया है इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है

ब्रहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था

एक पूरा वातावरण क्रियेट कर सकते हैं प्रदेश में विशेष कोविड टीका उत्सव राज्यभर में शुरू हो गया है बड़ी संख्या में लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं राजनीतिक नेताओं धार्मिक गुरुओं डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों से टीकाकरण अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक टीकाकरण केंद्र शाक्ति भवन का दौरा कर वहां टीकाकरण अभियान का जायजा लिया उन्होंने अपील की कि चार रिन के टीका उत्सव में पात्र लोग इसमें आगे आएं

उन्होंने बताया कि प्रदेश में छह हजार केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि समी कोविड अस्पतालों में पर्यात मात्रा में ऑक्सीजन चिकित्सा कर्मी दवाइयां और चिकित्सकीय उपकरण उपलब होने चाहिए उन्होंने कोविड के लेकल दो और लेकल तीन के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा बारह तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थाओं को तीस अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए हैं हालांकि परीक्षाएं पूर्व निर्घारित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे और हम सबको मिलकर इसका सफलतापूर्वक सामना करना है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिस तरह पिछले वर्ष समी जिलों ने कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था ठीक उसी तरह इस बार भी हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे

पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोविड नाइन्टीन के पन्द्रह हजार तीन सौ तिरपन नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर इकहत्तर हजार दो सौ इकतालीस हो गयी है अब तक छ लाख ग्यारह हजार छः सौ बाइस लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य भी तेज गति से जारी है कल एक दिन में दो लाख तीन हजार सात सौ अस्सी कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ सड़सठ लाख इकसठ हजार उनहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है इस बीच प्रदेश में टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा है अब तक क्ल पचासी लाख पंद्रह हजार दो सौ छियानबे लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इनमें से बहत्तर लाख बहत्तर हजार सात सौ चौंतीस लोगों को टीके की पहली खुराक और बारह लाख बयालीस हजार पांच सौ बासठ लोगों को टीके की दूसरी ख्राक दी जा चुकी है

विभिन्न स्थानों पर लोग उनके चित्रो मूर्तियों पर माल्यापर्ण करके के उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किया लखनऊ के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पार्क में सबेरे से ही लोग कोविड नियमों का पालन करते हए उनकी मूर्ति पर माल्यापर्ण कर उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें नमन किया है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि महान विचारक समाजसेवी वंचितों शोषितों और महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके उन्नयन के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले के सर्वसमावेशी और समतामूलक विचार हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं

इसके तहत रात नौ बजे से सुबह छः बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी हालांकि आवश्यक सेवाओं के परिवहन पर प्रतिबंध नही होगा और इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई पास की आवश्यकता नहीं होगी

रात नौ बजे से सुबह छः बजे तक सभी तरह के आवागमन पर रोक लगा दी गयी है नाइट कर्फ्यू के दौरान पंचायत चुनाव के प्रचार पर भी प्रतिबंध होगा